मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने किन्नौर लाहौल स्पिति और चंबा जिले के पांगी भरमौर व किलाड़ क्षेत्र के पंचायतीराज प्रतिनिधियों के साथ आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रें सिंग के माध्यम से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कफ्यू में कुछ ढील प्रदान की गई है ताकि आर्थिक गतिविधियों को चरणबद्ध ढंग से शुरू किया जा सके जयराम ठाकर ने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार शिमला स्थित जनजातीय भवन को जल्द ही कार्यशील बनाएगी ताकि ईलाज व अन्य किसी आपात स्थिति में जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को आवास और भोजन की सुविधा मिल सके इस अवसर पर कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने भी अपने विचार व्यक्त किए राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि कोरोना के इस संकट काल में एनसीसी कैंडेट्स सेवा और साहस से कोरोना योद्वाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं आज शिमला स्थित राजभवन में सराहनीय सेवाओं के लिए एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि इससे कैडेट्स में अनुशासन देश सेवा और कर्तव्य परायण्ता की भावना सुदृढ़ होती है बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में एनसीसी से जुड़ी लड़कियां व महिला अधिकारी भी बेहतरीन सेवाएं दे रही हैं उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को इस संबंध में जागरूकता के प्रसार में आगे आना चाहिए ताकि इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ सके कोरोना अपडेट प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में पिछले कुछ दिनों से बढ़ौतरी लगातार जारी है

सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेशों का अनुसरण करते हए लॉकडाउन नियमों का पालन किया है

उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जो आर्थिक पैकेज दिया गया है उससे अर्थव्यवस्था को मजबूती भिलेगी े सुरेश भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं से आहवान किया कि वे अधिक से अधिक लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बताए गए एहतियाती कदमों के बारे में जागरूक करें उन्होंने संकट की इस घड़ी में पार्टी के कार्यकर्ताओं से जनहित में कार्य करने का आग्रह भी किया

उन्होंने कहा कि इस पुल के बनने से ऊना और कांगड़ा जिलों सहित पंजाब के कई गांवों को सीधा लाभ मिलेगा बिक्रम ठाकुर ने ॅकहा कि इस पुल के बनने के बाद जहां लोगों को बरसात के दिनों में स्वां खड़ड की आवाजाही बंद होने से निजात मिलेगी वहीं पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा